लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक में विभिन्न क्षेत्रों तथा अलग अलग वेतनमानों में काम करने वाले श्रमिकों को समान रूप से न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गयी है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि यह विधेयक मजदूरों के वेतन भुगतान की समस्याओं को दूर करेगा इससे संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पचास करोड़ श्रमिक लाभान्वित होंगे मजदूरी संहिता विधेयक में मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अगले महीने की सात तारीख तक तथा साप्ताहिक वेतन पर काम करने वालों को सप्ताह के आखिरी दिन और दिहाड़ी पर काम करने वालों को प्रतिदिन वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गयी है मज़दूरी संहिता के तहत गठित त्रिपक्षीय समिति में मज़दूर यूनियनों नियोक्ताओं और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे जो पूरे देश में मजदूरों के लिये एक समान न्यूनतम वेतन निर्धारित करेंगे अमरनाथ यात्रा एडवाजरी जम्मू कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को कश्मीर घाटी से जल्दी लौट जाने के लिए सुरक्षा एडवाइज़री जारी की है राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आतंकवादी खतरों और ख़ासकर अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाये जाने के बारे में मिली ताजा खुफिया जानकारी के आधार पर पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे घाटी से जल्दी लौटने की तैयारी करें सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लों और राज्य पुलिस प्रमुख दिलबाग़ सिंह ने कल श्रीनगर में एक प्रेस कान्फ्रेस में जानकारी दी कि बालतल और पहलगाम से अमरनाथ जाने वाले रास्ते पर बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया है

उन्होंने यह भी बताया कि लश्कर तथा जैश और अंसार गजुवातुल हिंद के आतंकवादी पाकिस्तानी सेना की मदद से अमरनाथ यात्रियों पर बड़ा हमला करने की तैयारी में हैं स्कूल मान्यता प्रदेश के निजी स्कूलों को नई मान्यता और मान्यता के नवीनीकरण का आज अंतिम दिन है लोक शिक्षण आयुक्त ने कहा है कि निजी स्कूलों द्वारा भेजे गये आवेदन में दिये गये मोबाइल नम्बर और ई मेल पर नवीन मान्यता नवीनीकरण माध्यम वृद्धि या विषय वृद्धि के मामलों पर मान्यता समिति के विचार के बाद संबंधित विद्यालय को इसकी सूचना भेज दी गई है

अभियोजन संचालनालय के अंतर्गत आगामी दो वर्षो में इन पदों पर भर्ती की जायेगी गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं

इसी कड़ी में सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने भिंड जिले दबोह में इस कार्य कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित गति से मौके पर ही निराकरण करना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मुख्य मकसद है श्री सिंह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण और अन्य योजना के हितग्राहियों को सहायता भी प्रदान की पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ गॉव में कार्यक्रम का शुभारंभ किया उन्होंने बताया कि जन प्रतिनिधि और अधिकारी एक दिन में पांच पांच पंचायतों में पहॅच कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे दमोह जिले के इमलिया में कलेक्टर तरूण राठी ने कार्यक्रम के तहत आवेदनों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास संस्थान की कल्पना की गई है मुख्यमंत्री ने कल मंत्रालय में शहरी विकास संस्थान की रूपरेखा बनाने के लिए गठित समिति द्वारा तैयार प्रस्तुतिकरण देखा श्री कमलनाथ ने कहा कि भविष्य में बढ़ती आबादी के अनुसार शहरों की व्यवस्थित बसाहट के लिए प्रस्तावित शहरी विकास संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थापित किया जाना चाहिये जिसके लिए इस क्षेत्र में दक्षता की जरूरत है उन्होंने कहा कि संस्थान का गठन इस प्रकार हो कि वह शहरी विकास का बेहतर नियोजन करने के साथ ही पूरे देश में एक उदाहरण बने शहरी विकास संस्थान की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के रेरा अध्यक्ष अंटोनी डिसा ने कहा कि यह संस्थान एक स्वतंत्र सशक्त और स्वशासी संस्थान होगा कोयला बचत प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिये सीमेंट उद्योग में प्लास्टिक कचरे के निष्पादन के लिये वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है राज्य प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है

ये लोग प्रदेश के जंगलों से अवैध कटाई कर राजस्थान में बेचा करते थे बैतूल जिले में सागौन चोरी की दो घटनाओं के बाद मामले की गंभेरता को देखते हुए वन अधिकारियों ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख से एसटीएफ की सहायता का अनुरोध किया था मौसम बारिश प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है

मौसम विभाग ने आज गुना शिवपुरी अशोकनगर छतरपुर टीकमगढ़ सागर सिवनी अनूपपुर डिंडौरी खंडवा खरगोन बड़वानी बुराहनपुर हरदा देवास बालाघाट पन्ना और रीवा सतना जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है विभाग के अनुसार दो दिन बाद बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है इससे प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना है किकेट भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच तीन अंतर्राष्ट्रीय ट्वेंटी ट्वेंटी मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज अमरीका के लाउडरहिल में होगा मैच भारतीय समय अनुसार रात आठ बजे शुरू होगा मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से रात साढ़े सात बजे से अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित किया जाएगा

जिसमें आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं